संक्रमण क्षेत्र से बाहर और अधिक छूट की अनुमति दी स्कूल कॉलेज सिनेमाघर और जिम रहेंगे बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम चार बजे देश के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की कोशिश रही कि कोई परिवार भूखा न सोए उन्होंने कहा कि जुलाई से त्योहारों का दौर श्रू होगा इस दौरान लोगों की जरूरते और खर्चे भी बढ़ेंगे ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का फैसला किया गया है अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मेहनतकश किसान और ईमानदार करदाताओं का आभार जताया जिनकी वजह से महामारी के दौरान देशवासियों की मदद की जा सके प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने का आहवान किया

उन्होंने कहा कि अनलॉक के पहले चरण में लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को लेकर लापरवाही नजर आयी उन्होंने कहा कि जैसे जैसे छूट दी जा रही है लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने सभी से मास्क पहनने बार बार हाथ धोने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की

इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल एप हैं सरकार ने जिन एप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसमें टिक टॉक शेयर इट वी चैट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि ये एप देश की संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है आईटी मंत्रालय ने कल जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉइड और आई ओ एस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध क्छ मोबाइल ऐप के द्रुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को च्राकर उन्हें ग्पच्प तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं वक्तव्य में कहा गया भारत की राष्ट्रीय स्रक्षा के प्रति शत्र्ता रखने वाले तत्वों दवारा इन आंकड़ों का संकलन इसकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंतत भारत की संप्रभ्ता और अखंडता पर आघात होता है यह बह्त अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है

हालांकि बिना पास के चारधाम के दर्शन नहीं हो पायेंगे इसके लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कर ई पास बनवाना अनिवार्य होगा इसके बाद ही दर्शन की अनुमति होगी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंजीकरण में व्यक्ति को खुद का सत्यापन करने के साथ ही यात्रा शुरू करने की तारीख निवास स्थान का पता फोटो आईडी अपलोड करना जरूरी होगा यात्रा के दौरान ई पास के साथ अपलोड किए गए फोटो आईडी साथ में रखनी होगी

नए दिशा निर्देश कल यानी पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा श्रु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अन्सार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलक्द शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक के साथ ही अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अन्मति नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे स्कूलों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पांच से अधिक लोग रह सकते हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा

राजधानी देहरादून में नगर निगम क्षेत्र के साथ ही गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थल मॉल और होटल पहली जुलाई से ख़्लेंगे शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज यह जानकारी देते हए बताया कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ पैर साब्न से धोने होंगे केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अन्मति दी जाएगी जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है वहीं मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी धार्मिक स्थलों पर अभी दूर से ही दर्शन करने होंगे और सैनिटाइजर और साब्न से हाथ धोने की व्यवस्था जरूरी होगी साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा

शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा

कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल होटल और मॉल बंद ही रहेंगे सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल पार्क बार ऑडिटोरियम सभा कक्ष मैरिज गार्डन अभी बंद रहेंगे

आपदा कंट्रोल रूम के म्ताबिक इस हादसे में तीन लोगों की मृत्यू हो गई और एक अन्य घायल हो गया वाहन में चार लोग ही सवार थे घायल व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया कृषि अन्संधान बैठक केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कि हिमालयी राज्यों में छोटे छोटे किसानों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हए योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कृषि अन्संधान परिषद की बैठक में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि औषधीय और जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का निर्यात सरकार की प्राथमिकताओं में है इसलिए उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने कहा कि नई नई फसलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है इससे उत्पादकता बढ़ेगी उन्होंने अधिकारियों को किसानों को इंश्योरेंस के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये बैठक में मौजूद उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में कृषि महिला आधारित है इसलिए भारतीय कृषि अन्संधान परिषद दवारा वृमन फ्रेंडली खेती की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैविक कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल है उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वनों के वेस्ट मटीरियल से खाद बनाने पर जोर दिया उन्होंने राज्य के उत्पादों जैसे रेड राईस राजमा मंड्वा की उन्नत किस्मों पर अन्संधान करने पर भी जोर दिया